सोलन ज़िले के बद्दी में कोरोना वायरस से एक महिला की मृत्यु

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों के सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है

उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि महिला को दो दिन पहले खांसी व जुकाम की शिकायत के बाद बद्दी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उन्होंने कहा कि पिछले कल महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर किया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई उपायुक्त ने कहा कि महिला के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है

उधर चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा है कि तबलीगी जमात से हाल ही में चम्बा की साहो वैली में आए एक व्यक्ति को पूरी निगरानी में रखा गया है चम्बा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की भी स्वास्थ्य जांच की जाएगी ताकि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सके

उन्होंने कहा कि गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को पैक्ड फूड राशन और दवाएं वितरित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और उद्यमियों की सुविधा के लिए मंत्रिमण्डल ने स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर छूट देने का निर्णय भी लिया

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पैंशनरों के हितों को सदैव सर्वोपरि रखा है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कठिन वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी सरकार ने कर्मचारियों को समय पर वेतन और पैंशन जारी की है

भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग द्वारा दैनिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी जो शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को संप्रेषित की जाएगी

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा

उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए